केन्द्र सरकार ने देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीक्षेत्र की भागीदारी बढाने का निर्णय लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों को कोविड अस्पतालों में रखने के दिये निर्देश रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत और रूस के संबंध विशेष सामरिक साझेदारी पर आधारित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री जीतेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र इनस्पेस का गठन करेगी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा श्री जावड़ेकर ने बताया कि शहरी सहकारी और बहु राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जाएगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का भी फैसला किया है उन्होंने कहा कि बुद्व सर्किट को जोड़ने के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा इससे सारनाथ और गया सहित आसपास के सभी पर्यटन स्थलों के विकास में भी मदद मिलेगी एक और महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने पशुपालन डेयरी और पशुधनसंबंधी उद्यमों के विकास संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए पन्द्रह हजार करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में करीब पैंतीस लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है पशुघन विकास के लिए पंद्रहहजार करोड़ का यह कार्यक्रम पहली दफा सबके लिए खुल रहा है इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा निर्यात भीबढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए नब्बे प्रतिशत तक ऋण देंगे सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए व्याज में तीन प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की श्री जावड़ेकर ने बताया कि देश में अन्य पिछड़ा वर्गों को लामों के प्रभावी अंतरण के लिए बेहतर तरीके सुझाने के उद्देश्य से गठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि अगले वर्ष इक्कतीस जनवरी तक बढ़ा दी गई है सूचना और प्रसारण मंत्रीने कहा कि भारत की लुक ईस्ट यानी भारत के पूर्व की ओर के देशों को महत्व देने की नीति के तहत ओएनजीसी म्यांमा में गैस के दो ब्लॉक के अनुसंधान और विकास के लिए नौ सौ नब्बे करोड़ रुपये निवेश करेगी हमारापड़ोसी देश म्यांमार में दो और गैस ब्लॉक में नौ सौ नौ करोड़ का निवेश करने का निर्णयकिया है

आज तक पांच हजार करोड़ का उसमें निवेश हुआ है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के गठन से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि इससे मेहनती पशुपालकों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ निवेश तथा क्षेत्रीय ब्रुनियादी ढांचे खासतौर पर डेयरियों को प्रोत्साहन मिलेगा मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा है कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को जीवंत बनाने के लिए वचनबद्व है उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातोमें ब्याज माफी की योजना को मंजूरी दी हैजिससे छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी और उनके कारोबार मेंस्थिरता आएगी कुशीनगर हवाई अड्डेको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के फैसले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उत्तर प्रदेशके साथ ही पर्यटन क्षेत्र और महात्मा बुद्ध के महान विचारों से प्रेरणा पाने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है उन्होंने कहा कि इससे यातायात सम्पर्क में सुधार होगा श्री मोदी ने यह भी कहा है कि अधिक संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के इस क्षेत्र में आने से स्थानीय लोगों को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ ने राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा है कि इससे पूर्वांचल क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा एक नई गति देने में भी इस इटरनेशनल एयरपोर्ट की बड़ी भूमिका होगी मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि एक तय समयसीमा केअंदर इसको न केवल दक्षिण पूर्व एशियाई उन सभी देशों से भगवान बुद्ध से जिनका अपना आत्मीयसंबंध जो जोड़ते हैंइन सभी के साथ संवाद बढ़ाने में और उनकोएयर कनेक्टिविटी मिलने से वे लोग आसानी ये यहां आ पाएंगे आकाशवाणी के लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को बधाई दी और कहा है कि पिछले तीन साल के दौरान राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से बौद्ध सर्किट का और विकास होगा जिसमें कुशीनगर सारनाथ श्रावस्ती कपिलवस्तु कौशाम्बी संकिसा लुम्बिनी और बोध गया शामिल हैं और इनमें से छः उत्तर प्रदेश में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों को कोविड अस्पताल में रखने के निर्देश देते हुए कहा कि एक लाख से अधिक चिकित्सा जांच टीम के गठन की कार्रवाई को तत्काल अंतिम रूप दिया जाये उन्होंने कहा कि इस संबंध में टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण देते हुए सभी आवश्यक जानकारी तथा सामग्री उपलब्ध कराई जाये श्री योगी कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान लॉकडाउन में ढील की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नमूने लेकर जांच क्षमता को बढ़ाया जाये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध विशेष सामरिक साझेदारी पर आधारित हैं उन्होंने कहा कि रूस ने आश्वासन दिया है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा सैन्य अनुबंध जारी रहेगे और कुछ मामलों में इन्हें कम समय में आगे ले जाया जाएगा रूस की तीन दिन की यात्रा पर गये रक्षामंत्री ने कल विजय दिवस की पचहत्तरवीं वर्षगांठ परेड में भाग लिया उन्होंने बताया कि भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं के दस्ते का भी परेड में शामिल होना गौरव की बात है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस महीने अट्ठाईस जून को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजें प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीटर संदेश में कहा है कि मन की बात कार्यक्रम ऐसा जीवंत माध्यम है जो एक सौ तीस करोड भारतीयों की शक्ति को दर्शाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद एनसीईआरटी के लिए एक रोडमैप तैयार किया है इसके तहत एनसीईआरटीको इस साल अक्टूबर तक पहली से पांचवीं कक्षा तक और अगले साल मार्च से बारहवीं कक्षा के लिए प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए इन्फोग्राफिक्स पोस्टर और प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए कहा गया है देश में एक दिन में कोविड नाइन्टीन के दो लाख से अधिक जांच करने का कल नया रिकॉर्ड बनाया गया तीन महीने पहले यह आंकड़ा प्रतिदिन एक सौ मामलों की जांच का था हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच के मामलों में यह उल्लेखनीय वृद्धि अस्पतालों जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि उसने अब कोविड नाइन्टीन के नमूनों की जांच के लिए देशभर में एक हजार प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है इस बीच देश में संक्रिमत मरीजों के स्वस्थ होने की दर छप्पन दशमलव सात शून्य प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख अट्ठावन हजार छः सौ पचासी संक्रमित रोगी ठीक हो गये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान दस हजार चार सौ पन्चानबे रोगी स्वस्थ हुए वर्तमान में एक लाख तिरासी हजार बाईस लोगों का इलाज चल रहा है